प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत अगले दो महीने तक गरीबों को निःशुल्क अनाज मई और जून में प्रत्येक व्यक्ति को पांच पांच किलो मिलेगा खाद्यान्न झारखंड में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या चालीस हजार के पार मृतकों की कुल संख्या एक हजार सात सौ पंद्रह पहंची और बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कोरोना के गंभीर मरीजों को मिलेगी राहत कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है दस राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोविड की स्थिति का जायजा लेते हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी राज्य मिल कर एक राष्ट्र के रूप में कार्य करें तो देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है और स्थिति पर सतर्कतापूर्ण नजर रखते हुए समय समय पर राज्यों को आवश्यक परामर्श दे रहा है इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर श्री मोदी ने राज्यों द्वारा उठाई गई बातों पर चर्चा की उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार के सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं और औद्योगिक कार्यो में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को भी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे ऑक्सीजन तथा दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाएं उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि ऑक्सीजन टैंकरों को रास्ते में रोका न जाए श्री र्मादी ने राज्यों से कहा कि वे प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित करें रांची के इटकी स्थित टीबी सैनिटोरियम में भी बहुत जल्द कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू होगा इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने यहां उपलब्ध सुविधाओं का आज निरीक्षण किया

लेकिन उस हिसाब से यहां के अस्पतालों में सुविधाएं कम पड़ रही हैं खासकर ऑक्सीजन युक्त बेड ऑक्सीजन सिलेंडर वेंटिलेटर और आईसीयू की कमी सबसे ज्यादा देखी जा रही है ऐसे में सरकार का पूरा प्रयास बेडों की संख्या बढ़ाने के साथ ऑक्सीजन आपूर्ति को सामान्य बनाए रखना है

केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत अगले दो महीने तक गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत इस वर्ष मई और जून में प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित किए गए लगभग अस्सी करोड़ लाभार्थियों के लिए निशुल्क अनाज वितरण का निर्णय किया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और ऐसे में सरकार देश के गरीबों के पोषण के लिए प्रयास कर रही है

राज्य में सात हजार पांच सौ पनचानबे नए कोरोना संक्रमित मिलने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर चालीस हजार नौ सौ बयालीस हो गई है कल दो हजार तीन सौ तिहत्तर मरीज संक्रमण मुक्त हए हैं जबकि एक सौ छह मरीजों की मौत हो गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या एक लाख चौरासी हजार नौ सौ एक्यावन हो गई है अबतक प्रदेश में एक लाख बयालीस हजार दो सौ चौरानबे मरीज स्वस्थ हए हैं जबकि कुल एक हजार सात सौ पंद्रह मरीजों की मौत हुई है राज्य की रिकवरी रेट छिहत्तर दशमलव नौ तीन प्रतिशत है

बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लेकर देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए आज दिन में रवाना हई कोरोना संक्रमित मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है ऐसे में देशभर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है केंद्र सरकार के आदेश पर बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने वयस्क कोविड मरीजों के उपचार के लिए संशोधित क्नीनिकल दिशा निर्देश जारी किए हैं

गुर्दे या लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को रेमडेसिविर नहीं दी जा सकती जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है या जो घर में हैं उन्हें रेमडेसिविर लेने की जरूरत नहीं है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि घर या अस्पताल में क्वारंटीन में रह रहे अधिकांश लोगों को किसी विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है लेकिन उन्हें घबराहट होती है उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण वाले केवल क्छ प्रतिशत लोगों को ही रेमेडिसविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि रेमेडिसविर कोविड उपचार के लिए कोई चमत्कार करने वाली दवा नहीं है डॉ गुलेरिया ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन की आपूर्ति में पर्याप्त संतुलन है

गोड्डा जिला प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को पूरा करने और अन्य चिकित्सकीय सामग्री उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहा है

मिशन हॉस्पिटल में श्रीमती पांडये ने डॉक्टर से जानकारी ली और ऑक्सीजन सिलेंडर वेपोराइजर स्टीम और अन्य इमरजेंसी उपकरण मुहैया कराये इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरीजों की समस्याओं के समाधान की कोशिश की जा रही है वहीं गोड्डा के सिविल सर्जन डॉ एस पी मिश्रा ने भी लोगों से वैक्सीनेशन कराने और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है लोहरदगा के पूर्व सांसद प्रोफेसर दुखा भगत का आज रांची में निधन हो गया उनके निधन की सूचना मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है शिक्षाविद भगत अलग राज्य के लिए लगातार आंदोलनरत रहे तथा अविभाज्य बिहार में झारखंड क्षेत्र मे भाजपा के वनांचल के प्रदेश अध्यक्ष बने

संक्षिप्त खबरें चाईबासा में आज सुबह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जायजा लेने निकले एसडीओ और एसडीपीओ की टीम ने अवैध रूप से बालू की तस्करी कर रहे दो ट्रैक्टरों को जब्त किया चाईबासा में ही जब्त दोनों ट्रैक्टरों को सदर थाना पुलिस को सौप दिया गया खूंटी पुलिस ने अफीम तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाकर चतरा के अफीम तस्कर समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके पास से लगभग एक लाख इक्यासी हजार नकद और एक किलो से अधिक गीला अफीम चार मोबाइल और दो मोटरसाइकिल बरामद की है सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर अग्निशमन विभाग के एक आरक्षी की संदेहास्पद परिस्थिति में आज सुबह मौत हो गई शव को सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया जहां से पोस्टमार्टम के बाद लोहरदगा भेज दिया गया है

धनबाद में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने ड्यूटी अवधि बढ़ायी है इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ गोपाल दास ने उपायुक्त के निर्देश पर आदेश जारी किया है यह आदेश तत्काल प्रभावी से शुरू हो गया है